स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक सोलह लाख उन्तालीस हजार पांच सौ निन्यानबे रोगी ठीक हो चुके हैं कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर बढकर सत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है इस समय छह लाख तैंतालिस हजार नौ सौ अड़तालीस कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है कोविड रोगियों की कुल संख्या तेईस लाख उन्तीस हजार छः सौ अड़तीस हो गई है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड नाइन्टीन से सम्बंधित एक समीक्षा बैठक की उन्हॉने अधिकारियों से कहा कि गोरखपुर में लेवल टू और लेवल थ्री के बेड की संख्या बढ़ाकर एक हजार कर दी जाय उन्होंने तत्काल प्रमाव से इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने मण्डल के अन्य जिलों में भी लेवल टू और लेवल थ्री के पचास से लेकर सौ बेड बढाने को कहा आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृखंला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने सभी से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करें अपने बुजुर्णों का ख्याल रखना अलग रखना दूरी बनानी लेकिन सोशली उनको इमोशली उनको दूर नहीं करना और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं ताइन में खड़े हो रहे हैं सोप पर हैं वर्कलेस पर है बहुत जरूरी है और साथ साथ में ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनेटाइज करना है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार पर भी श्रोता सवाल पूछ सकते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे में युवा मामलों से संबंधित मंत्रियों के विश्व सम्मेलन की बारह अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने की सिफारिश स्वीकार की थी यह दिवस युवाओं की आवाज उनके कार्य और पहल को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्वता उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व के युवाओं से अपील की है कि वे अधिक समान और सतत विश्व बनाने के सक्रिय परिवर्तनकारी एजेंट बने उन्होंने भारत के युवाओं से भी जाति और स्त्री पुरूष भेदभाव जैसी कई सामाजिक कुरीतियां खत्म करने में आगे आने की अपील की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह दिन युवाओं की प्रतिबद्वता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है श्रीकृष्ण जनमाष्टमी आज देश के विमिन्न भागों में धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी कल मनाई गयी थी जन्माष्टमी का मुख्य समारोह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में आज हो रहा है हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते मथुरा के बाहर के श्रद्वालुओं को शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है श्रीकृष्ण जन्ममूमि स्थित भागवत भवन मंदिर में सुबह तड़के मंगला आरती हुई और ठाक्रजी को नये वस्त्र अर्पित किये गये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण का कर्मयोग पुरस्कारों के लिए प्रतिसर्धा करने की बजाय हमें जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का संदेश देता है उन्होंने कहा कि यह भावना हमारे सभी कोरोना योद्वाओं के काम से स्पष्ट है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भगवान श्रीकृष्ण सभी को अच्छा स्वास्थ्य और समृद्वि प्रदान करेंगे उपराष्ट्रपति एमवैंकेया नायडू ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं हमेशा से हमे मंत्रमुख करती रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कामना की है कि भगवान कृष्ण सबके जीवन में शांति समृद्धि और खुशियों का संचार करें प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है है उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि उन्नीस सौ छप्पन के कानून के संशोधन के अनुरूप पिता और दादा की संपत्ति में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार प्राप्त होगा उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा छः के तहत प्राप्त समानता के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं रखा जा सकता केन्द्र सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि वह विद्यालयों को एक सितम्बर से चौदह नवम्बर तक चरणबद्द तरीके से खोले जाने की अनुमति देने जा रही है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है